इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता हैच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित की है उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि लौह प्रूष पटेल राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के प्रबल समर्थक थे

इधर सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राज्यस्तरीय कार्यक्रम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे इस दौरान परेड का आयोजन होगा और राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई जाएगी इस बीच आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पृण्यतिथि को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर रिज मैदान पर स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे

जाइका जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका की सहायता से प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना का लाभ उठाकर हमीरपुर ऊना और बिलासपुर ज़िलों के किसान बेहतर सब्जी उत्पादन कर रहे हैं परियोजना के तहत ड्रिप सिंचाई सुविधा और मल्विंग शीट के प्रयोग से सब्जी उत्पादन काफी आसान हो गया है किसान मल्विंग शीट और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल करके खीरा व फूलगोभी की खेती कर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाल्मीकी जयंती पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सामाजिक सदभाव समानता और न्याय पर आधारित उनके आदर्श विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रदेशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं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

अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ चार गुना मंहगा बिजली बोर्ड ने घरेल व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शनों पर बढ़ाया एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट

पंजाब केसरी लिखता है क्लासरूम में विद्यार्थियों की अधिक संख्या होने पर शिफ्टों में लगेंगी कक्षाएं

युवा कांग्रेस चुनाव परिणाम पर दैनिक जागरण की सुर्खी है वीरभद्र समर्थकों को झटका किन्नौर जिले से संबंध रखने वाले निगम भंड़ारी को सबसे ज्यादा मत जबकि अमर उजाला ने लिखा है हिमाचल युवा कांग्रेस की कमान भंडारी को मिलना तय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अधिकारियों को निर्देश संबंधी खबर पर आपका फैसला ने लिखा है मंडी जिले के नागचला में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण में तेजी लाएं